पंजाब का अपनी सहकारी मिलों से हिमाचल को चीनी आपूर्ति का प्रस्ताव प्रदेश सरकार करेगी विचार पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर की सभी विधायकों से एक एक गौशाला गोद लेने की अपील आठवां माउंटेन गोट शीतकालीन अभियान आरंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला से दिखाई हरी झंडी

वित्तायोग ने इससे संबंधित सूचना भारत सरकार को भेज दी है

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों का अनुदान ज़िला परिषदों पंचायत समितियों और राज्य के कैंट बोर्डो के अलावा नगर परिषदों नगर पालिकाओं नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा

चीनी पंजाब सरकार ने पंजाब की सहकारी मीलों में तैयार होने वाली चीनी हिमाचल को आपूर्ति करने की पेशकश की है आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ एक बैठक के दौरान पंजाब के सहकारिता मंत्री सरदार सुखजिन्द्र सिंह रंधावा ने ये प्रस्ताव रखा जयराम ठाकर ने प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को इस प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने पंजाब के सहकारिता मंत्री को सुझाव दिया कि इस संदर्भ के विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय पहलुओं का ब्यौरा भी हो मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से फील्ड में उतरकर किसानों तक पहुंचने को कहा है ताकि उनके अनुभव और अनुसंधानों का किसान फायदा उठा सके मारकंडा आज बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बंद कमरों में किए गए अनुसंधान का तब तक फायदा नहीं है जब तक वे किसानों तक नहीं पहुंचे

इस कार्यशाला में प्रदेशभर से कृषि और बागवानी अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा किसानों की आय दोगुना करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया राजीव बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा विचारों और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है तथा कार्यकर्ता ही पार्टी की शक्ति है बिंदल आज सोलन में एक अभिनंदन कार्यकम में बोल रहे थे इस कार्यक्रम का आयोजन बददी दून विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा लोकसभा और उप चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है इससे साफ है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस में विश्वास नहीं रह गया है उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों को भी गलत करार दिया कि जयराम सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है ध्मल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं बहुत कारगर साबित हो रही है ध्र्मल आज हमीरपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में इस मुद्दे पर आयोजित सैमीनार में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस बार के केन्द्रीय बजट को भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर केन्द्रित किया गया है उन्होंने कहा कि पहली बार किसानों के उत्पादों को अतिशीघ्र मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल और किसान हवाई उड़ान की बात कही गई है विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे विकमादित्य सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र की कोट पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे

कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर विकास के मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया

भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिलाई अध्यापिकाओं की उचित मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री आज उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश सिलाई अध्यापिका संघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने शिमला स्थित ओक ओवर में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के मंडी ज़िला महासचिव वीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों का आहवान किया है कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर देश व प्रदेश का नाम रौशन करें

पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस मौके पर मौजूद थे कंवर इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने सभी विधायकों से एक एक गौशाला गोद लेने की अपील की है श्री बाल गोपाल गौ लोक धाम गौशाला रक्कड़ के वार्षिक समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक विधायक गौशाला को गोद लेता है तो यह समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण होगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गौ सेवा को समर्पित है वीरेन्द्र कवर ने संपन्न परिवारों से गौसेवा के लिए अधिक से अधिक दान देने की भी अपील की एक भारत श्रेष्ठ भारत कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कॉलेज के छात्रों ने केरल के दो महाविद्यालयों सहित विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर स्वदीप सूद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को केरल जैसे शिक्षित राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है

यह अभियान राज्य में ग्रामीण और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से आरंभ किया गया है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक और ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाए हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि माउंटेन गोट जैसा अभियान प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार परवाणु में इंडोर स्टेडियम बनाने की संभावनाओं का पता लगाएगी

सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित कर युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध है